एक प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स ने बताया कि म्ख्य मंत्री पेमा खाण्ड् की अध्यक्षता में कल प्रदेश के इंडिजिनस लोगों के संवैधानिक स्रक्षा मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया गौरतलब है कि उन्नीस अगस्त को प्रदेश के इंडिजिनस लोगों के संवैधानिक सुरक्शा पर ह्ए परामर्श बैठक की रिपोर्ट को उपमुख्यमंत्री चाउना मैन के नेतृत्व में समिति ने मुख्यमंत्री को सौंप दिया श्री फ़ेलिक्स ने बताया कि काफी विचार विमर्श के बाद मंत्रिमडल ने आगामी विधानसभा सत्र में राज्य को छठी अन्सूचि में शामिल कराने के लिए एक प्रस्ताव की पहल करने का निर्णय लिया गया

तीन दिन तक चलने वाले सत्र कल से श्रु होकर उनतीस अगस्त को संपन्न होगा कोविड महामारी के मद्देनजर सभी जरुरी एहतियात की तैयारियां कर ली गई है

नए सौ मामलों में तेईस मामले राजधानी ईटानगर क्षेत्र से ईस्ट सियांग़ से सोलह चांगलांग से तेरह पाक्के केसांग से दस वेस्ट कामेंग से नौ सात अपर स्बनसिरी से वेस्ट सियांग तवांग़ और लोअर सियांग से चार चार नामसाई से तीन लोंगडिंग पाप्मपारे और तिराप से दो दो और शी योमी से एक मामले सामने आए है वही इक्यासी कोविड मरीजो को कल डिस्चार्ज किया गया है राज्य में कोरोना के आठ सौ निन्यानबे सक्रिय मामले है अब तक दो हजार पांच सौ आठ मरीज को डिस्चार्ज किया गया है और पांच की मृत्यु हो चुकी है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स और राष्ट्रीय पात्रता और नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है

इस साल करीब साढ़े आठ लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग सोलह लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीकरण कराया है एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या चौबीस से घटाकर बारह कर दी गयी है

एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हए आनिया अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने सहित संघ के अन्य मांगों को मान लिया है बहरहाल उन्होंने कहा कि जिलेवार वित्तीय स्थिति की मांग पूरी नहीं ह्ई है जिसे सरकार ने पंद्रह दिनों के भीतर म्हैया कराने का आश्वासन दिया है

डिजिटल भ्गतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग श्ल्क नियम दो हजार आठ में संशोधन किया है मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वत मिलेगी और चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा